प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलेगी श्री मोदी ने कल गुजरात के जूनागढ़ में तीन सौ बिस्तर युक्त एक अस्पताल के उद्घाटन के बाद जनसभा को सबोधित कर रहे थे

श्री मोदी ने कहा कि फोरेन्सिक विज्ञान पुलिस और न्यायपालिका आपराधिक न्यायप्रणाली के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिनसे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है

किसी भी देश में ये तीनों अंग जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतना ही वहां के नागरिक सुरक्षित होंगे और अपराधिक गतिविधियां नियंत्रण में रहेंगी पकड़े जाने के भय की भावना और अदालत में उसका अपराध साबित होने का डर अपराध को नियंत्रण रखने में बहुत मददगार साबित होता है और यहीं पर फॉरेंसिक साइंस की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के अस्थि कलश को आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में ले जाया गया जहां कलश यात्रा के दौरान लोगों ने फूल बरसा कर अटल जी को भावपूर्ण श्रद्वाजंलि अर्पित की कानपुर में अस्थि कलश पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं सहित नगरवासियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा अस्थि कलश यात्रा के शहर के विभिन्न मार्गो से गुजरा इस दौरान पुष्प वर्षा और गगनभेदी नारे लगा कर लोगों ने स्वर्गीय वाजपेई को श्रद्वाजंलि अर्पित की यह यात्रा पैंतीस किलोमीटर का सफर तय करके बिठूर स्थित पत्थर घाट पर पहुंचा जहां विधि विधान के साथ अस्थि कलश का विसर्जन किया गया इस अवसर पर काबीना मंत्री सतीश महाना और सत्यदेव पचौरी अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा सांसद देवेन्द्र भोले सहित जन प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद थे स्वर्गीय वाजपेई का अस्थि कलश सिद्धार्थनगर पहुंचा जहां लोग प्रष्पाजंलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित कर रहे हैं अस्थि कलश यात्रा में विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि बड़ी तादाद में मौजूद है स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने स्वर्गीय वाजपेई के निधन को अपूरणनीय क्षति बताते हुए कहा कि उनके विचार भारत को एकता और अखण्डता के सूत्र में पिरोने का काम करेंगे बाइट आज अटल बिहारी वाजपेई जी की अस्थियां तथागत गौतमबुद्ध की धरती सिद्वार्थनगर जनपद में आई है जिस तरह से उनके प्रति लगाव लोगों की भावनात्मक एक लोगों का जुन्न सा है ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अपने परिवार के किसी प्रियजन को खो दिया है

वह अपूरणीय क्षति है लेकिन जो उन्होंने अपने उस व्यक्तित्व को एक हिमालय की तरह विराट है विचारों में जो सागर की तरह गहराई है वह निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारत को एकता और अखण्डता के एक सूत्र में रिपोने का काम करेगा

उधर बलरामपुर में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं वरिष्ठ नागरिकों तथा प्रदेश के मंत्री सूर्यप्रताप शाही रमापति शास्त्री श्रावस्ती सांसद दद्दन मिश्रा सहित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्वर्गीय वाजपेई की अस्थियों को राप्ती नदी में विसर्जित कर दिया गया कल वाराणसी गोरखपुर इलाहाबाद चित्रकूट सहित तेरह ज़िलों में अस्थियों का विसर्जन वहां की प्रमुख नदियों में किया जायेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोण्डा जिले के करनैलगंज तहसील के बाढ़ प्रभावित इलाक का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से राहत और बचाव कार्यो की जानकारी ली इस दौरान श्री योगी ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन कर शरणालयों में रह रहे पीड़ित परिवारों के लिए खाने पीने और दैनिक उपयोग की वस्तुओं दवाओं मैटरनिटी हट की सुलभता सहित अन्य ठोस बंदोबस्त किये गये हैं श्री योगी ने जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों से बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आने का आहवान भी किया

श्री योगी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी मुख्यमंत्री ने पाल्हापुर बाढ़ चौकी पर पैंतीस पीड़ितों को राहत सामग्री के पैकेट भी बांटे इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया

यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चनलों पर भी उपलब्ध होगा

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के हिन्दी में प्रसारण के तुरन्त बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा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

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि निर्वाचन आयोग मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट मशीनों के शत प्रतिशत उपयोग के लिए तैयार है आकाशवाणी से आज सुबह बातचीत में उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने साढ़े सत्रह लाख वीवीपैट मशीनों की खरीद का ऑर्डर दिया है और अब तक दस लाख मशीनें मिल च्रकी हैं जहां तक वीवीपैट फेलियर का सवाल है ये नई मशीन है अभी इन्टरड्यूज हुई है और ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल है जबकि ईवीएम का वीयू और सीयू होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रोनिक मशीन है इसमें जैसे जैसे लर्निंग करते हुए जो हमारे पोलिंग अफसर्स का ट्रेनिंग बढ़ेगा और उसका प्रयोग ज्यादा होगा

अभी फिलहाल इसको सुधार करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने इसमें बहुत से इम्प्रूवमेंट किए हैं

श्री रावत ने फिलहाल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चूनाव एक साथ कराने की संभावना से इंकार किया है उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए पहले कानूनी ढांचा तैयार होना जरूरी है

तीन लोगों की तलाश जारी है यह सभी लोग नाव से मवेशियों के लिए चारा लेने जा रहे थे राज्य सरकार ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में महिलाओं को रोडवेज बसों में एक दिन की निःशुल्क यात्रा का तोहफा देने की घोषणा की है राज्य परिवहन निगम से मिली जानकारी के अनुसार महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा का यह लाभ पच्चीस अगस्त मध्य रात बारह बजे से छब्बीस अगस्त मध्य रात बारह बजे तक मिलेगा इसके अलावा परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए आज से अतिरिक्त बसें भी संचालित कर रहा है अतिरिक्त बस चलाने का यह क्रम उन्तीस अगस्त तक जारी रहेगा लखनऊ में जाली अभिलेखों के आधार पर समाज कल्याण विभाग की कई योजनाओं में अपात्र लोगों के नाम से फर्जावाड़ा कर करोड़ों रूपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है इस सिलसिले में लखनऊ पुलिस ने मुख्य आरोपी और चार महिलाओं को गिरफ़्तार किया है प्रलिस अधीक्षक ट्रांस गोमती हरेन्द्र कुमार ने बताया कि समाज कल्याण विभाग ने सरकारी धनराशि के ग़बन करने के संबंध में पिछले दिनों एफआईआर दर्ज करायी थी इस मामले की गहन छानबीन के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था

समाप्त